हरियाणा के उप म्र्ख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला ने कहा है कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित अन्य विषयो को लेकर किसानों से लगातार चर्चा जारी है हरियाणा सरकार ने प्रदेश में उचित मूल्य की द्कानों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु सरल पोर्टल पर लाइसेंस जारी करने की ऑनलाइन सेवा शुरू की

दवाई भी और कड़ाई भी यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क पहनना व दो गज की दूरी अभी भी जरूरी है

वे नई दिल्ली में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के उदघाटन अवसर पर मीडिया को सम्बोधित कर रहे थे

श्री गडकरी ने सम्बधित पक्षों को सड़क सुरक्षा तंत्र के सुधार में सहयोग करने का आग्रह करते हये कहा कि लोगों के जीवन के साथ कोई समझौता नहीं किया जायेगा इस समारोह को सम्बोधित करते हये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जागरूक्ता को एक महीने के लिए सीमित नहीं किया जा सकता यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए उन्होंने सड़कों को अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जीवन रेखा बताते हये कहा कि किसी भी देश के विकास में सड़कें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सरकार सड़कों की आधारभूत संरचना को सुधाकर इन्हें आपस में जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सड़ाक सुरक्षा के बारे में जागरूक्ता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता सुरक्षित गति चुनौती को भी झंडी दिखाई केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया पर बदल कर डाले गये एक चित्र में किये गये उस दावे को रद्द पर दिया दिया है जिसमें कहा गया है कि केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने विद्यालयों और महाविद्यालयों को फिर से बंद करने का आदेश जारी किये है पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया है और स्पष्ट किया है कि मंत्रालय ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया हरियाणा के उप मुख्यमंत्री द्वष्यंत चौटाला ने कहा है कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों सहित अन्य विषयों को लेकर किसानों से चर्चा लगातार जारी है आज सिरसा में पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने उम्मीद जताई कि कल होने वाली बातचीत में जरूर कोई समाधान निकलेगा श्री चौटाला ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाई गइ समिति से एक सदस्य हट गया है और उममीद की जा सकती है कि तय समय में समाधान निकालने के लिए उचचतम न्यायालय शीघ्र ही समिति में नये सदस्य की नियुक्ति करेगा एक सवाल के जवाब में श्री चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा को बीजेपी जेजेपी गठबंध्न सरकार की चिंता न करने की सलाह देते हये कहा कि सरकार अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी उनहोंने पूर्व मुख्यमंत्री को चुनौती दी कि अगर वे इतने ही आश्वस्त है तो बजट सत्र के दौरान सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग करें बजट सत्र पर उन्होंने कहा कि यह केन्द्र के बजट सत्र के बाद होगा

फतेहाबाद के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि पकड़े गये दोनों आरोपी दिल्ली से अफीम लेकर आये थे आरोपी की पहचान रोहतक निवासी प्रदीप और भिवानी निवासी जय प्रकाश के तौर पर हई है

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में उचित मूलय की दुकानों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने इच्छुक लोगों की सुविधा के लिए सरल पोर्टल पर लाइसेंस जारी करने की नई ऑनलाइन सेवा शुरू की है

उन्होंने बताया कि वेदक अंतिम अनमोदित या अस्वीकृति प्रमाण पत्र भी ऑन लाइन डाउनलोड कर सकते है

इस मौके पर मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल मे गांवों का विकास शहरों की तर्ज पर हो रहा है उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन काल में महेन्द्रगढ़ जिले में विकास के नाम पर एक ईट भी नहीं लगी जिसके कारण यह जिला विकास के मामले में पिछड़ गया

इस प्रतियोगिता में ट्रिपल जंप में हेमा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया वहीं तन्नू ने जैवलीन थ्रो में तीसरा स्थान प्राप्त किया है अब क्छ खबरे संक्षेप में पलवल जिले में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के लिए थे ज चार नये टीकाकरण केन्द्र बनाये गये

सिविल सर्जन डॉ विजय दहिया ने यह जानकारी दी है

पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में घना कोहरा छाने के कारण ठंड का प्रभाव अभी बना हु है हालांकि रात के तापामान के कुछेक स्थानों को छोड़कर वृद्धि दर्ज की जा रही है